मुख्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ गलत बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है मंडी संसदीय क्षेत्र के खराहल घाटी के त्राम्बली और सोलन के कसौली और नालागढ़ में आज चुनावी जनसभाओं में उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस के झांसे में नहीं आएंगे

इससे स्पष्ट है कि पार्टी चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप राठौर के फोन टैपिंग के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावों में हार को सामने देख कांग्रेस ऐसी खबरों को लोगों के बीच फैला रही है ताकि वे भ्रमित हो सके

मौसम का परा चढ़ने के साथ ही सियासी पारा भी जोर पकड़ रहा है दोनों प्रमुख दलों भाजपा व कांग्रेस के नेता अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाएं कर लोगों से सहयोग मांगने के अलावा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं इसी कड़ी में मण्डी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने आज नाचन विधानसभा क्षेत्र में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से चुनाव प्रचार किया उन्होंने आरोप लगाया है कि मौजूदा सांसद पांच वर्षो तक विकास करवाने में असफल रहे हैं और संसदीय क्षेत्र के मुददों को संसद में उठाने की भी कोई कोशिश उन्होंने नहीं की रामस्वरूप मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि देश भर में भाजपा को भारी बहमत मिल रहा है और हिमाचल में भी चारों लोकसभा सीटों पर पार्टी की जीत होगी आनी विधानसभा क्षेत्र के निरमंड में आज विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि आया राम और गया राम की राजनीति ज्यादा समय नहीं चल पाएगी रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि लोग मौका परस्त लोगों को इस चुनाव में करारा जवाब देंगे अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर एक नए भारत की परिभाषा लिख रहा है झंड्ता विधानसभा क्षेत्र में अनेक स्थानों पर आज एक दर्जन से अधिक जनसंवाद कार्यक्रमों में उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश मजबूत हाथों में है और इस बात को देश का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मोदी सरकार देश को दिए हर जख्म का बदला लेने में सक्षम है और दुश्मन की हर कार्रवाई का करारा जवाब दिया गया है उन्होंने लोगों से चुनाव में समर्थन का आग्रह किया इस दौरान दर्जनों लोगों ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की रामलाल ठाक्र हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाक्र ने मौजूदा सांसद अनुराग ठाक्र पर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से विकास के मामले में सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है मण्डी जिले के धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क अभियान के तहत नुक्कड़ सभाओं को सम्बोधित करते हए उन्होंने ये बात कही

शांता कुमार वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने दावा किया है कि भाजपा देश भर में पिछले लोकसभा चुनाव से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी

पवन काजल कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने पांच सालों में धरातल पर कोई काम नहीं किया मात्र लोगों को कई योजनाओं के नाम पर ठगा गया है

पवन काजल ने कहा कि श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा सरकार के कार्यकाल में ये आंकड़ा छः लाख रह गया सुरेश कश्यप शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने आज जुब्बल कोटखाई निर्वाचन क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के तहत चुनाव प्रचार किया और इलाके की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने का लोगों को आश्वासन दिया इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता नरेन्द्र बारागटा भी उनके साथ मौजूद रहे स्टोक्स वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्या स्टोक्स ने आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर व शिमला से कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल के साथ ठियोग कुमारसेन विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगे इस अवसर पर धनीराम शांडिल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही देश की एकता व अखंडता को कायम कर सकती है जबकि भाजपा अवसरवाद की राजनीति करती है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी जनसभा को सम्बोधित किया राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकसभा चुनाव में बढ़चढ़ कर हिस्सा लें और मताधिकार का उपयोग कर लोकतांत्रिक प्रणाली को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाएं शिमला में आज अपने मताधिकार का प्रयोग डाक मतपत्र के विकल्प से करने के बाद उन्होंने ये बात कही इस अवसर पर लेडी गवर्नर दर्शना देवी ने भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया

पूर्वाभ्यास लोकसभा चुनाव प्रकिया के सफल संचालन के लिए चुनाव डियूटी में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को आज दूसरे चरण का पूर्वाभ्यास करवाया गया इसी के तहत मण्डी सदर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव डियूटी में लगे कर्मचारियों को आज मण्डी में दूसरे चरण की रिहर्सल करवाई गई

इधर शिमला के संजौली महाविद्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल की अध्यक्षता में मतदान पूर्वाभ्यास कार्यकम आयोजित किया गया

इस बीच सिरमौर जिले में मतदान से जुड़े दो हजार दो सौ आठ कर्मचारियों को नाहन में चुनाव पूर्व प्रशिक्षण दिया गया महिला कांग्रेस महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा है कि पिछले पांच वर्षो में देश में महिला दुष्कर्म व अत्याचार के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने ने कहा कि कुछ दिन पूर्व शिमला व बिलासपुर में हुए दुष्कर्म मामलों पर प्रदेश की भाजपा सरकार गंभीर नही है उन्होंने कहा कि प्रदेश महिला कांग्रेस इन घटनाओं के विरोध में है और ज़िला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी